प्रदेश में विभिन्न कस्बों और शहरों में प्लाट या मकान उपलब्ध न होने पर हिमुडा ब्याज सहित आवेदकों के पैसे करेगा वापिस

भरमौर हड़सर मार्ग पर वैकल्पिक व्यवस्था के बाद मणिमहेश यात्रा फिर शुरू

उन्होंने आशंका जताई कि इसका असर प्रदेश सरकार की नवंबर में प्रस्तावित इनवेस्टर मीट पर भी पड़ सकता है जो प्रदेश के विकास के लिए सही नहीं होगा जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने भी अपने शासनकाल में औद्योगिक निवेश का प्रयास किया था लेकिन इसमें वह सफल नहीं हुई और अब जब मौजूदा सरकार निवेश की दिशा में बढ़ रही है तो कांग्रेस को इससे ईर्ष्या पैदा हो गई है और अड़ंगे डालने का प्रयास कर रही है जयराम ठाकुर ने विपक्ष से आग्रह किया कि वह ऐसी धारणा न बनने दें कि हिमाचल में निवेश सुरक्षित नहीं है

इसके बावजूद कांग्रेस ने अपने विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में पांच बार संशोधन किया है

जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों के लोग हिमाचल में कृषक नहीं बन सकते लेकिन पूर्व अनुमति से मकान के लिए जमीन खरीद सकते हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों की रक्षा सभी को मिलकर करनी होगी

हालांकि हिमुडा ने इसमें एक शर्त भी लगाई है शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक विक्रम जरियाल के एक सवाल के जवाब में बताया कि आवेदन का यह पैसा उन्हीं शहरों व कस्बों में ब्याज सहित वापिस किया जाएगा जहां हिमुडा के पास प्लाट अथवा मकान नहीं हैं जबकि जिन शहरों व कस्बों में प्लाट व मकान उपलब्ध हैं वहां पैसा वापस लेने के इच्छुक आवेदकों को ब्याज नहीं मिलेगा

उन्होंने कहा कि अब हिमुडा अपने स्तर पर यहां टाउनशिप का निर्माण करेगा

भारद्वाज ने कहा कि ये नियुक्तियां बैचवाइज कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती भूतपूर्व सैनिक कोटा खेल कोटा और दिव्यांग कोटा के माध्यम से की जा रही हैं

राज्यपाल राज्यपाल कलराज मिश्र ने विद्यार्थियों के शारीरिक व बौद्विक विकास पर ध्यान देने की जरूरत बताई है शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल से मिलने आए भारत स्काउट एंड गाईड के राज्य मुख्य आयुक्त व उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमरजीत शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने ये बात कही राज्यपाल ने लड़कियों में आत्म सुरक्षा की भावना विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करने पर भी जोर दिया उन्होंने कहा कि स्काउट एंड गाईड युवाओं के स्मपूर्ण शारीरिक और बौद्धिक विकास में योगदान दे रहा है राज्यपाल ने बच्चों में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रशिक्षण देने पर भी बल दिया

विपिन परमार ने बताया कि तीन बार हिम केयर में शामिल होने की तिथि बढ़ाई गई है और इसके तहत कार्ड के नवीनीकरण का कार्य निरन्तर चलता रहेगा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल के टांडा व आईजीएमसी अस्पताल में कैंसर के ईलाज के लिए आधुनिक मशीनरी आ चुकी है और जल्द ही कैंसर की जांच व ईलाज आधुनिक विधि से शुरू होगा चर्चा में विधायक जगत नेगी राकेश पठानिया इंद्र दत्त लखनपाल परमजीत सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू विनोद कुमार राजिंदर गर्ग और कमलेश कुमारी ने भी भाग लिया वॉकआउट प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने आज प्रदेश सरकार द्वारा कथित तौर पर पर्यटन विकास निगम की संपत्तियों को बेचने के मुद्दे पर सदन में हंगामा करने के बाद वाकआउट किया प्रश्नकाल शुरू होने के साथ ही विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों को बेचने का मामला उठाया लेकिन विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इसकी इजाजत नहीं दी

इसमें चायल पैलेस भी शामिल है इसके बाद मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट कहा कि पर्यटन निगम की संपत्तियां बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता उन्होंने कहा कि यह सूची गलती से वेबसाइट पर डाली गई और मामला सामने आने पर इसे तत्काल हटा दिया गया था जयराम ठाकुर ने कहा कि इसकी कोई स्वीकृति न राजस्व न पर्यटन और न ही केबिनेट से मिली है मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जिसने वाइल्ड फ्लावरहाल जैसी प्राइम प्रापर्टी बेची है वह आज भाजपा सरकार पर संपत्तियों को बेचने का आरोप लगा रही है जबकि वे स्पष्ट कह चुके हैं कि कोई संपत्ति नहीं बेची जाएगी

लेकिन विपक्ष मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोंक झोंक के बाद विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया

मणिमहेश चंबा जिले में भरमौर हड़सर मार्ग आज बहाल होने पर मणिमहेश यात्रा फिर शुरू हो गई है भरमौर के एडीएम पीपी सिंह ने बताया कि लोकनिर्माण विभाग के सहयोग से क्षतिग्रस्त पुली की जगह वैकल्पिक व्यवस्था कर मार्ग को बहाल कर दिया गया है चंबा से हमारे प्रतिनिधि विकास ठाकुर ने बताया कि चंबा भरमौर सड़क पर खड़ामुख स्थान पर आज शाम सड़क के क्षतिग्रस्त होने से इस मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही अवरूद्व हो गई है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट कर उन्हें प्रदेश में हाल ही में हुई भारी वर्षा से जानमाल के नुकसान का आकलन करने और राहत व बचाच कार्यों में तेजी लाने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में शिमला ज़िला के सेब उत्पादक क्षेत्रों में वर्षा व भूस्खलन से बंद सड़कों को जल्द बहाल करने की मांग की गई है राठौर ने नुकसान का आकंलन राजस्व विभाग व अन्य सरकारी एंजेसियों के अधिकारियों से करवाकर किसानों व बागवानों को तुरंत राहत प्रदान करने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया है